अनलाक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में कल से धार्मिक स्थलों शॉपिंग मॉल रेस्तरा होटल और कार्यालयों को खोलने की तैयारी की जा रही हैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन स्थानों को खोलने के लिए चार जून को मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की थीं स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार मॉल रेस्तरां और कार्यस्थलो में जाते समय सभी कर्मचारियों कामगारों या मालिकों को सरक्षा उपायों का पालन करना होगा इनमें कम से कम छह फीट की सरक्षित दूरी बनाए रखना और फेस कवर या फिट मास्क पहनना शामिल है खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को टिशू रूमाल या किसी अन्य तरीके से ढकना जरूरी है और टिशू पेपर का समुचित रूप से निपटान करना भी आवश्यक है सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी और किसी भी तरह की बीमारी होने पर जल्द से जल्द राज्य या जिला हेल्पलाइन पर सम्पर्क करना होगा सभी रेस्तराओं से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रेस्तरां में खाना खिलाने के बजाय भोजन पैक करवाकर घर ले जाने को प्रोत्साहन दिया जाए रेस्तरां के कर्मचारियों और मालिकों को फेस कवर या मास्क का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करना होगा धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहने की सलाह दी गयी है धार्मिक स्थलों में भीड़भाड़ की अनुमति नहीं होगी

राहत वाली बात यह है कि राज्य में डबलिंग रेट और रिकवरी प्रतिशत में सुधार हुआ है

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी वी के सक्सेना ने बताया है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री ली जा रही है

श्री सक्सेना ने बताया कि यह सभी प्रवासी पूर्व में ही होटल में संस्थागत क्वारंटाइन में थे प्रवासी बागेश्वर इस बीच जिले में कोरोना संक्रमण के दौरान अन्य प्रदेश से लौटे प्रवासियों को शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों और जिलाधिकारी रंजना राजगुरू के निर्देशन में होम फैसिलिटी और संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है इसके अलावा जिन प्रवासियो की क्वारंटाइन अवधि पूर्ण हो रही है उन्हें घर भेजा जा रहा है

रवाना करने से पूर्व सभी प्रवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं जॉच की गयी इस दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करें और मास्क सेनिटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करने हेतु निर्देशित किया गया

जहां मेडिकल टीम प्रवासियों की नियमित जॉच कर रही है

इस बीच रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मूवमेंट को देखते हुए हरिद्वार से रायवाला के बीच सोलर फेंसिंग लगा रहा है राजाजी नेशनल पार्क के वन्यजंत प्रतिपालक कोमल सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बन्द ट्रेनो का संचालन अब धीरे धीरे शुरु हो रहा है इस दौरान रेलवे ट्रैक पर हाथियों की आवाजाही देखी गई है इसके लिए रेलवे ट्रैक के दोनों ओर पार्क कर्मियों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है वहीं हाथियों के कॉरीडोर को चिन्हित करते हुए रेलवे ट्रैक के आसपास सोलर फॅसिंग लगाने का निर्णय लिया गया है वहीं हरिद्वार रेंज के क्षेत्राधिकारी अजय सैनी को कहना है कि रानीपुर बीट पर करीब पांच किलोमीटर लंबी सोलर फॅसिंग लगाई गई है

गौरतलब है कि हरिद्वार देहरादून के बीच कांसरो रेंज में हनी बी साउंड सिस्टम लगाया गया है ट्रेनों की आवाजाही पर साउंड सिस्टम शुरू करने से ट्रैक पर हाथियों की आवाजाही रोकने में मदद मिलती है वहीं प्रदेश में एक बार फिर से हाथियों की गणना का कार्य कल से शुरु हो गया है पहली बार ड्रोन कैमरे की मदद से कल तक हाथियों की गणना की जाएगी

मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज आंशिक तौर पर बादल छाये रहे और ब्रंदा बांदी के साथ ही कहीं कहीं मध्यम से जोरदार बारिश होने से तापमान में कमी आयी है टिहरी गढ़वाल में आज जबरदस्त बारिश हयी इसके साथ ही अन्य जिलों में भी ब्रंदा बांदी और हल्की बारिश होने की खबर है

एक ट्वीट संदेश में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि वर्तमान स्थिति और उम्मीदवारों के अनुरोध को देखते हुए यह फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि नई तारीखों की घोषणा उचित समय पर की जाएगी

इस ऐप के जरिए लोग अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के उपायों के बारे में जान सकते हैं और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं राजेश कोटेचा ने कहा कि न्यूमोनिया जैसी बीमारी का सामना कर रहे लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए और आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए सफार्ड अभियान पिथौरागढ में जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु उठाए जा रहे प्रभावी प्रयासो के बीच गांव गांव में स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जिसके तहत खण्ड विकास अधिकारियो की देख रेख में ग्राम प्रधान सफाई अभियान में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे रहे है औचक निरीक्षण अल्मोड़ा जिले के रानीखेत एक्सपायरी डेट और खुदरा मूल्य से अधिक कीमत को लेकर मिलरही शिकायतों के देखते हुए आज खाद्य सुरक्षा औषधि राजस्व विभाग के साथ पुलिस प्रशासन ने बाजार का औचक निरीक्षण किया गया इस दौरान छावनी परिषद स्थित दो मॉस मछली विक्रेताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और दो दुकानदारों को नोटिस जारी किया